और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का किया आहवान डेंगू डेंगू रोग पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली और पुड्डुचेरी से विशेषज्ञ चिकित्सकों की दो टीमें बिलासपुर पहुंची है ये टीमे जिले के डियारा मेन मार्किट और धौलरा सहित विभिन्न वार्डो में फैले डेंगू रोग की वस्तु स्थिति जानने के लिए निरिक्षण कर रही है उपायुक्त विवेक भाटिया ने स्वास्थ्य व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये दल स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के साथ मिलकर डेंगू पर नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करेंगे ताकि इस पर जल्द काबू पाया जा सके उपायुक्त ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों से पूर्ण तत्परता व कर्त्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आहवान किया

उधर हमीरपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सावित्री कटवाल ने लोगों को डेंगू के लक्षण व इससे बचाव के बारे में जानकारी दी उन्होंने संक्रमित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने की सलाह दी ताकि समय रहते उपचार किया जा सके मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में आज हिमगिरी कल्याण आश्रम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिकित्सा व जागरूकता शिविर का शुभारम्भ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प हैं

कृषि मंत्री से शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आहवान किया हिमगिरी कल्याण आश्रम के प्रभारी भगवान दास ने संस्था द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी मेंट राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की ये एक शिष्टाचार भेंट थी वीरेंद्र कश्यप किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देने के उदेश्य से सोलन सब्जी व फल मंडी में आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया

किसान गोष्ठी में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा सब्जी मंडी के आढ़तियों ने भी भाग लिया रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा वृद्धि की है एक बयान में उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों की आर्थिकी सुद्रढ़ होगी रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि केंद्र से हिमाचल को बागवानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा पैकेज मिला है जिससे किसानों व बागवानों को अच्छी गुणवत्ता वाले फलदार पौधे व बीज उपलब्ध होंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी अनुराग ठाकुर सासंद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के अंब में आज करीब एक करोड रूपये की लागत से डाक विभाग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया इस मौके उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना हमीरपुर बिलासपुर और देहरा में जल्द ही भारतीय डाक पेमेंट बैंक की शाखायें खोली जायेंगी उन्होने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगो से इनका लाभ लेने का आहवान किया

समिति प्रदेश विधानसभा की ग्रामीण नियोजन समिति ने अपने लाहौल स्पिति प्रवास के दौरान केलंग में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक की इसकी अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष बिक्रम सिंह जरयाल ने कहा कि विभागीय अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सके उन्होंने निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा इस दौरान कृषि बागवानी सिंचाई व जनस्वास्थ्य ऊर्जा ग्रामीण विकास और जनजातीय विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई समिति के सदस्यों ने त्रिलोकनाथ और उदयपुर में मृकुला देवी मंदिर का भ्रमण भी किया कांग्रेस बैठक कांगेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान कांगड़ा के मटौर में आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आग्रह किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और चुनाव में जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे

भाजपा बैठक शिमला भाजपा मंडल की एक बैठक अध्यक्ष प्रदीप कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आहवान किया इस दौरान प्रदीप कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मंडल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला प्रभारी यशपाल हेटा ने पिछली सरकार के समय निर्माणाधीन शोंगठोग कड़छम जलविद्युत परियोजना से निकाले गए मजदूरों को बिना शर्त काम पर रखने की मांग सरकार से की है आज रिकांगपिओं में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय मजदूरों पर झूठे मामले बनाकर फंसाया गया है

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने बताया कि शिविर में महिला जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यकमों का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकारों व कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाएगा उन्होंने बताया कि कार्यक्रम मे आयोग के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा

हाईटैक एजुकेशन एंड वैलफेयर सोसायटी के सचिव ने बताया है कि इससे थांदल पूर्थी शौर रेई अजोग और छौ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने राज्य सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा से टॉवर को जल्द ठीक करवाने की मांग की है दुर्घटना चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग पर चिड़ू पाणी नामक स्थान में कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मृत्यू हो गई जबकि वाहन चालक घायल हुआ है मृतकों की पहचान प्रंटों पांगी गांव के हरीश कुमार और रामनिवास उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है

अमित कश्यप शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने ज़िले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में ज़िला स्तरीय एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे उपायुक्त ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में बोर्ड पर एंटी रैगिंग प्रावधानों सहायता और मार्ग दर्शन के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए कैबिनेट राज्य सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों के दो सौ पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की मंजूरी दी है शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया गया